त् केंद्र सरकार ने लोगों से मोबाइल में आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करने का किया आग्रह वायरस संक्रमण के खतरे से आकलन में मिलेगी मदद

मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा है कि झारखंड में कोरोना पॉजिटिव के दो मामले आने के बाद सतर्कता और जागरूकता के साथ काम करना जरूरी है मुख्य सचिव कल झारखंड मंत्रालय में सभी उपायुक्तों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि झारखंड में इसके प्रसार को हर हाल में रोकना है ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रैक क्वारेंटीन आइसोलेट और टेस्ट कराकर महामारी को दूसरे स्टेज से आगे नहीं बढ़ने देना है हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हमें तीसरे स्टेज की भी तैयारी रखनी है ताकि समस्या आने पर किसी तरह की अफरा तफरी नहीं रहे उन्होंने इसकी तैयारी के लिए सभी उपायुक्तों को हर जिले में दस से बीस सर्वे टीम का गठन करने को कहा और इसमें वॉलेंटियर और एनजीओ को जोड़ने को कहा मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे चिह्नित कोविड अस्पतालों में जरूरी सुविधाओं की सूची के अनुसार आवष्यक चीजें उपलब्ध करायें उन्होंने कहा कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं है कोविड अस्पतालों के हर पचास बेड के अनुपात में एक सौ ऑक्सीजन सिलिंडर तैयार रखें मुख्य सचिव ने सरकार के द्वारा विभिन्न स्थानों पर क्वारांटीन किए गए लोगों को मूलभूत सुविधा देने का भी निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि क्वारेंटीन के दौरान लोग परेषान न हो इसके लिए क्वारेंटीन सेंटर के किसी हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टीवी की सुविधा उपलब्ध करायें उन्होंने होम क्वारंटीन में रखे गये सभी लोगों पर भी सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया इसके लिए उन्होंने मुखिया सहिया और सेविका से लगातार फीडबैक लेने को कहा श्री सिंह ने उपायुक्तों से कहा कि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन यापन की जरूरी चीजें और स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने को प्राथमिकता दें लॉक डाउन के दौरान भी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देते रहना है मुख्य सचिव ने लॉकडाउन के दौरान गृह मंत्रालय की गाइड लाइन के अनुसार काम करने को कहा उन्होंने कहा कि जिन्हें छूट दी गयी है उन्हीं को पास निर्गत करें नोवेल कोरोना वायरस के इलाज के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में विशेष अस्पताल बनाया जायेगा जिले के उपायुक्त अरवा राजकलम ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए की पश्चिमी सिंहभूम शाखा के प्रतिनिधियों के साथ हई बैठक में यह जानकारी दी आईएमए ने इस कार्य में जिला प्रशासन को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया

उपायुक्त ने चिकित्सकों को भरोसा दिया कि सुरक्षा और चिकित्सा उपकरणों में किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी जायेगी

वे कल नई दिल्ली में विभिन्न खेलों में विशिष्ट योगदान देने वाले चालीस प्रमुख खिलाड़ियों के साथ बातचीत कर रहे थे वहीं प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस को पराजित करने के लिए देशवासियों से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया है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

इनमें से एक सौ बासठ लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी है जबकि छप्पन लोगों की मृत्यु हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि पिछले दो दिन के दौरान चौदह राज्यों से ऐसे छह सौ सैंतालीस लोगों में वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है जो नई दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात में शामिल हुए थे उन्होंने कहा कि इसके कारण देश में मरीजों की संख्या बेढ़ी है श्री अग्रवाल ने कहा कि कृषि मंत्रालय सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए ई नाम पोर्टल को बढ़ावा दे रहा है ताकि किसान अपने उत्पाद ऑनलाइन बेच सकें उन्होंने कहा कि अब देश में पांच सौ पचासी मंडिया ई नाम से जुड़ गयी हैं श्री अग्रवाल ने कहा कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन स्वास्थ्यकर्मियों के लिए बायोसुट विकसित कर रहा है वहीं गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र ने राज्यों से स्वास्थ्यकर्मियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देष दिया है केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के लाभ जल्द से जल्द लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जाएं गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य आपदा प्रबंधन कोष के तहत सभी राज्यों के लिए ग्यारह हजार बानबे करोड़ रुपये जारी करने की अनुमति दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका आश्वासन दिया था

केंद्र सरकार लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी कामगारों सहित बेघर लोगों को भोजन और आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील है

केंद्र सरकार ने समी नागरिकों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करने का आग्रह किया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि देशभर में कुल तीस लाख लोगों ने आरोग्य सेतु एप डाउनलोड किया है इस ऐप के द्वारा लोग कोरोना के खतरे का स्वयं आकलन कर सकते हैं उन्होंने बताया कि अगर कभी भी आप किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आते हैं तो इस एप के द्वारा आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है यह ऐप एंड्रॉयड यूजर्स के लिए गूगल प्लेस्टोर पर और आईओएस यूजर्स के लिए एप्पल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है गृह मंत्रालय ने तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल होने पर भारत में मौजूद नौ सौ साठ विदेशियों का पर्यटन वीजा काली सुची में डाल दिया है वहीं तबलीग जमात में हिस्सा लेकर अपने देष लौट गये लगभग तीन सौ साठ विदेषियों के खिलाफ भी उन्हें काली सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है

राजधानी रांची के हिन्दपीढ़ी क्षेत्र में एक महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद क्षेत्र में लोगों की जांच का काम जारी है जिला प्रशासन की टीम अबतक कुल चार हजार से अधिक घरों में पहुंची और घर के सदस्यों से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के साथ साथ उनकी ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में भी पूछा यहां अब तक लगभग उनतीन हजार लोगों की स्कीनिंग और पूरी जानकारी ली गयी इस इलाके में रांची जिला प्रषासन की ओर से कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है जानकारी दी जा रही है कि वह खूद कैंप तक पहंचे और अगर उनके क्षेत्र में किसी व्यक्ति में कोरोना से संबंधित लक्षण पाए जाते हैं तो टीम को तुरंत इसकी जानकारी दें लातेहार जिले में मनिका प्रखंड के एक और लातेहार सदर प्रखंड के एक व्यक्ति को चौदह दिनों तक सरकारी क्वारेंटीन में रखने के बाद स्वास्थ्य जांच कर डिस्चार्ज कर दिया गया एवं और अगले चौदह दिनों तक होम क्वारेंटीन में रहने की सलाह दी गई है ये अमेरिका से लौटे थे चिकित्सक सुरेन्द्र सिंह ने उन दोनों की के स्वास्थ्य जांच की तथा उन्हें स्वस्थ पाने पर लातेहार रेलवे स्टेशन के आश्रय गृह में बने क्वारेंटीन सेंटर से डिस्चार्ज किया गढ़वा जिले में बाहर के शहरों से लोगों का आना जारी है पचीस मार्च से अबतक करीब चार हजार पांच सौ लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है

जिला प्रशासन की ओर से समाहरणालय स्थित सभागार में कल निजी संस्थानों के चिकित्सकों तथा सेवानिवृत्त चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया गया प्रशिक्षण में विषेषज्ञों ने वायरस संकमण बीमारी की पहचान बीमारी के दौरान इलाज की जानकारी दी इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा अलर्ट जारी करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी अस्पतालों के लिए दिषा निर्देश जारी किया है हजारीबाग जिले के दारू प्रखंड में लॉक डाउन का उल्लंघन करने और राहत कार्य में बाधा डालने के मामले पर जिला प्रशासन ने ग्यारह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है दारू प्रखंड के बीडीओ रामरतन बर्णवाल ने यह प्राथमिकी दर्ज करायी है इस मामले में थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है

इस संबंध में नयी तारीख की घोषणा बाद में की जायेगी उच्च सदन के द्विवार्षिक चुनाव में अठारह सीटों को शामिल किया गया है